उन्होंने कहा कि यह तमी संभव होगा जब प्रदेश की अर्थव्यक्था एक ट्रिलियन डॉलर की हो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए क्षेत्रवार दीर्घ और अल्पकालीन रणनीति बनानी होगी लखनऊ में आज प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए विश्व बैंक एडीबी समेत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रस्तुतीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने आधारभूत सरचना के विकास कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सुजन के कई कदम उठाए हैं उन्होंने निवेशकों से कहा कि प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में सुधार आया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षो में प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदला है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार की उच्च प्राथमिकता है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढाचे में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले आज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने नई दिल्ली में न्यायमूर्ति गोगोई के चैम्बर में मुलाकात की मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में संविधान पीठ अयोध्या में करीब दो दशमलव सात सात एकड़ जमीन के दशको पुराने विवाद पर अगले सप्ताह फैसला सुना सकती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे इस मुद्दे पर भडकाऊ बयान जारी न करें प्रदेश में अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आने वाले फैसले के मद्दे नजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है धार्मिक नेताओं ने भी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है पुलिस ने कई जिलों में नागारिकों में विश्वास बहाली के मकसद से प्लैग मार्च भी किया सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों को लेकर शांति कमेटियों का गठन भी किया गया है कल रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों और खासतौर पर अयोध्या की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और पुलिस अधिकारियों से तुरंत मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा उन्होंने कानून व्यस्था संभालने में मदद के लिए लखनऊ और अयोध्या में एक एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने को भी कहा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पंजाब में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है गुरदासपुर के उपायुक्त विपुल उज्जवल ने बताया कि सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के लगभग तीन हजार पांच सौ के करीब जवान तैनात किए गए हैं उद्घाटन स्थल पर भी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुट्म्बकम के उच्च आदर्शो पर आधारित है और यही व्यापक सोच हमारे संविधान के अनुच्छेद इक्यावन में निहित है श्रीमती पटेल आज लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के बीसवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोवित कर रही थीं उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद इक्यावन विश्व में एकता शांति और मानवता की भलाई करने एवं संसार के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात करता है राज्यपाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि न्यायधीशों के इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन से आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य प्राप्त होगा इस अवसर पर इकहत्तर देशों से आये सभापति मंत्रीगण मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश एवं कानूनविद् उपस्थित थे

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास बेहतर ब्रांडिग के जरिए खादी के कपड़ों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना है जौनपुर में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर रोजगार सुजन करना है श्री सिंह ने क्षेत्र के लोगों से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ने का आह्वान किया